राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे उन्होंन कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यत महत्वपूर्ण है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

राष्ट्रपति न कहा कि नई शिक्षा नीति विस्तृत भागीदारी को समाहित करती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा है कि यह सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी श्री मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी बाइट देश की एसपीरेशन्स को पूरा करने का बहुत महत्वतपूर्ण माध्यर शिक्षा नीति और शिक्षा व्यावस्था होती है शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार उसका दखल उसका प्रभाव कम से कम होना चाहिए शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे अभिभावक जुड़े होंगे छात्र छात्राएं जुड़े होंगे उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है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

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बजाए सीखने पर जोर दती है और वह छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को बढाएगी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

उन्होंने कहा कि सरकार के अथक प्रयास से कोविड से मृत्यु दर और संक्रमण की पाजिटिविटी दर दुनिया के कई बड़े देशों की तुलना में काफी कम है और यह सब टीम वर्क की भावना से संभव हुआ मुख्यमंत्री आज गोरखपुर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में तीन सौ बेड के डेडीकेटेड कोविड हास्पिटल का लोकार्पण कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने पीजी छात्रों के लिये सौ बेड के हास्टल और गेस्ट हाउस का भी लोकार्पण किया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

यह कोरोना के साथ मजबूती से लड़ाई का परिचायक है

उन्होंने बताया कि बच्चों को डायरिया से बचाने के लिये रोटा वायरस वैक्सीन इस समय निःशुल्क उपलब्ध है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 प्रदेश सहित देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो सेवाएं पांच महीने से अधिक के अंतराल के बाद आज सुबह शुरू हो गईं जिन शहरों में यह सेवाएं शुरू हुई वे है दिल्ली लखनऊ चेन्नई बंगलुरू हैदराबाद और अहमदाबाद

हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली मेट्रो ट्रेन सवेरे छह बजे चली लगभग पांच महीनों के ज्यादा समय के बाद लखनऊ मेट्रो की सवारियों के साथ पहली ट्रेन सुबह छह बजे मुंशी पुलिया और एयरपोर्ट स्टेशनों से चल पड़ी लखनऊ में मेट्रो ट्रेनें अपनी सामान्य समय सारणी के हिसाब से रात दस बजे तक चलेंगी और यात्रियों के लिए ट्रेनें लगभग साढ़े पांच मिनट के अंतराल पर मौजूद रहेंगी ट्रेनें हर स्टॉप पर रुकेंगे और यात्रा करने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा अगर कोई यात्री मास्क भूल जाता है तो उसके लिए भी मेट्रों की ओर से मास्क का इंतजाम किया गया है सामान्य तौर पर हर मेट्रो स्टेशन के सिर्फ दो गेट ही खुले रहेंगे और प्रवेश तथा निकास के लिए अलग गेट नहीं होंगे हर गेट में दाखिल होने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना होगा और हर यात्री का तापमान जांच जायेगा सभी स्टेशनों पर टिकट खिड़कियों टिकट वेंडिंग मशीनों और सुरक्षा जांच केन्द्रों पर सामाजिक दूरी बरकरार रखने के लिए निशान बनाये गये हैं ताकि यात्रियों में पर्याप्त फासला बना रहे ट्रेन के अंदर यात्रियों के बीच दूरी बनी रहे इसके लिए हर दूसरी सीट पर सामाजिक दूरी से जुड़े निशान बनाये गये हैं